विभिन्न स्व सहायता समुहों से जुड़ी देश भर की एक करोड से अधिक महिलाओं के साथ वीडियो काफ्रेंसिंगके जरिए संवाद में श्री मोदी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए उनका आर्थिक द्रष्टिसे आत्मनिर्भर होना जरूरी है

संवाद के दौरान महिलाओं ने भी अपनी प्रेरक और भावपूर्ण कहानियां सुनाई प्रधानमंत्री ने डूंगरपुर जिले की रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत की निरोज निनामा से सीधा संवाद किया और उनके समूह द्वारा सोलर लैम्प और सोलर पैनल के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना की प्रधानमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम को राज्य के जिलों में स्थित अटल सेवा केन्द्रों में ग्रामीण महिलाओं को दिखाया गया

प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए मुख्यालय धरोहरभवन के उदघाटन के मौके पर कि दुनिया में इस क्षेत्र में जन भागीदारी बहत मिलती है और हमारे देश में यह मानसिकता बनानी है प्रधानमंत्री ने धरोहरस्थलों पर फोटोग्राफी की मनाही को अप्रासंगिक बताते हुए कहा कि बदलते वक्त के साथ यह नियम भी बदलना चाहिए

आज जयपुर में जनजाति कल्याण से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक में राज्यपाल ने कहा कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास कार्यो में ढिलाई दिखाने वाले विभागों को चिन्हित किया जाए और लापरवाही करने वालों को दण्डित किया जाए राज्यपाल ने कहा कि जनजाति क्षेत्र में साक्षरता शिक्षा स्वास्थ्य आवास पौष्टिक आहार और पाठ्य सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाए

संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रसिद्ध कृषि अर्थशास्त्री डॉ विजय शंकर व्यास ने कहा कि किसानों की समस्या के समाधान के लिए उत्पादक संगठन बनाये जाने की जरूरत है जो आवश्यकता पड़ने पर किसानों को पूंजी उपलब्ध करा सके उनकी क्षमता संबर्द्वन कर सके और उन्हें बाजार उपलब्ध करा सके

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव एस के जैन ने बताया कि इस लोक अदालत में न्यायालय में लम्बित सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरणों और प्रीलिटीगेशन के मामलों की सुनवाई होगी उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय जोधपुर और जयपुर में नियमित लोक अदालत का आयोजन होगा

मुकुट मीना कूपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए थे कल पूरे राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा

करौली जिले के लांगरा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो सवाईमाधोप्र की ओर से शिविर और जागरूकता रैली आयोजित किए गए

इस सिलसिले में आज बेटी बचाओ बेटी पढाओ रैली का आयोजन किया गया

प्रतापगढ जिले के अधिकांश स्थानों पर दोपहर बाद शुरू हुआ बारिश को दौर शाम तक जारी रहा चूरू और झुंझुनू में दोपहर में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली